आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र किसान और गांव ही आत्मनिर्भर भारत का आधार हैं उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में कृषि क्षेत्र ने अपना दम खम दिखाया हमारे यहाँ कहा जाता है जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी उतना ही अडिग रहता है कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण हैं संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है साथियो देश का कृषि क्षेत्र हमारे किसान हमारे गाँव आत्मनिर्मर भारत का आवार है ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्मर भारत की नींव मजबूत होगी श्री मोदी ने यह भी कहा कि हाल के समय में किसानों ने स्वयं को अनेक प्रतिबंघों से स्वतंत्र किया है और मिथकों को तोडने का प्रयास किया है उन्होंने कहा कि किसानों में अपने फल और सब्जियों को कहीं भी किसी को भी बेचने की ताकत है श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि अब यही ताकत देश के दुसरे किसानों को भी मिली है अपने फल सब्जियों को कहीं पर भी किसी को भी बेचने की ताकत है और ये ताकत ही उनकी इस प्रगति का आघार है अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है फल सब्जियों के लिए ही नहीं अपने खेत में वो जो पैदा कर रहें हैं धान गेहं सर्सों गन्ना जो उगा रहे हैं उसको अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ ज्यादा दाम मिले वहीं पर बेचने की अब उनको आजादी मिल गई है प्रधानमंत्री ने लखनऊ के किसान समूह इरादा की चर्चा भी की ऐसा ही एक लखनऊ का किसानों का समूह है उन्होंने नाम रखा है इरादा फार्मर प्रोडयूसर इन्होंने भी लॉकडाउन के दौरान किसानों के खेतों से सीधे फल और सब्जियाँ ली और सीधे जा करके लखनऊ के बाजारों में बेची विचौलियों से मुक्ति हो गई और मन चाहे उतने दाम उन्होंने प्राप्त किये प्रधानमंत्री ने कहा कि दो अक्टूबर पवित्र और प्रेरक दिवस है यह दिन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दिवस होता है उन्होंने कहा कि अगर गांधी के आर्थिक चिंतन की मुल भावना को समझा गया होता तो आज आत्मनिर्मर भारत अमियान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती प्रधानमंत्री ने भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश जी का भी स्मरण किया जिनकी जयंती ग्यारह अक्तुबर को है उन्होंने कहा कि जेपी ने भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाई है श्री मोदी ने भारत रत्न नानाजी देशमुख को भी याद किया जिनकी जयंती भी ग्यारह अक्तबर को ही है प्रधानमंत्री ने लोगों से इनके मुल्यों को जीवन में अपनाने की अपील की पूर्व केन्द्रीय मंत्री जसवंत सिंह का आज सुबह नई दिल्ली में लंबी वीमारी के बाद निधन हो गया वह बयासी वर्ष के थे उन्हें पच्चीस जून को दिल्ली में सेना के आरआर अस्पताल में भर्ती कराया गया था छह वर्ष पहले दो हजार चौदह में उनके सिर में गहरी चोट लगने के बाद वे कोमा में चले गए थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सुचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने जसवंत सिंह की निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है आज विश्व पर्यटन दिवस है इस वर्ष का विषय है पर्यटन और ग्रामीण विकास दुनियाभर में बडे शहरों के बाहर सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के अवसर उपलब्ध कराने में पर्यटन की अनुठी भूमिका रेखांकित करने के लिए हर वर्ष सत्ताईस सितम्बर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर बयासी दशमलव चार छह प्रतिशत हो गई है और उन्वास लाख से अधिक रोगी कोरोना से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं आज अटठासी हजार छह सौ नए मरीजों का पता चलने के साथ ही देश में संक्रमित व्यक्तियों की क्ल संख्या उनसठ लाख बानबे हजार पांच सौ से अधिक हो गई है पिछले चौबीस घंटे में एक हजार एक सौ चौबीस लोगों की मृत्य होने के साथ ही मृतकों की क्ल संख्या चौरानबे हजार पांच सौ से ज्यादा हो गई है कोविड से मृत्युदर एक दशमलव पांच आठ प्रतिशत है प्रदेश में कोविड संक्रमण की दर कम हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले एक सप्ताह में संक्रमण की दर में महत्वपूर्ण गिरावट पर कहा कि यह अच्छा संकेत है इससे सिद्ध होता है कि संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सरकार की नीति सफल हो रही है